प्रदेश में पोस्ट पेमेंट बैंक की दो सौ दस शाखाएं शुरू

आईपीपीबी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी की शुरूआत की इसके जरिये बचत और चालू खातों मनी ट्रांस्फर बिल भूगतान और कारोबारी भूगतान जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी

वहीं भोपाल में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इंडिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक की शुरूआत की इन्दौर में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गुना में केन्द्रीय मंत्री थावरचन्द गेहलोत टीकमगढ़ में केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार और ग्वालियर में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भारतीय डाक भूगतान बैंक की शुरूआत की दतिया में प्रधानमंत्री श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से योजना की शुरुआत की इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री नरोतम मिश्रा भी मौजूद थे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्देश्य विश्वस्नीय किफायती और सुगम बैंकिग सेवाएं आम आदमी तक पहुंचाना है ताकि वित्तीय समावेश का उद्देश्य पूरा हो सके इस सेवा के अंतर्गत तीन लाख से ज्यादा डाकिये और ग्राम सेवकों को देशभर में तैनात किया जाएगा

इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जोड़कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये निर्देश दिये गये

विभिन्न जिलों में भी इसी दिन जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अभियान का शुभारंभ होगा शहरों में प्रमुख चौराहों पर दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और अन्य यातायात नियमों के प्रचार प्रसार और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये कार्यक्रम होंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीधी और सिंगरौली जिले के बैगा आदिवासियों को हर महीने एक हजार रूपये की पोषण आहार सहायता दी जायेगी

श्री चौहान ने मड़वास को तहसील बनाने और मझोली अस्पताल की क्षमता तीस से पचास बिस्तरों की करने की घोषणा की

तरूण सागर जैन मुनि तरुण सागर का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलिन हो गया कल दिल्ली के मुरादनगर और दुहाई के बीच बने आश्रम में उनका अंतिम संस्कार किया गया इक्यावन वर्षीय जैन मुनि तरुण सागर पीलिया के रोग से पीड़ित थे दमोह जिले में उनका जन्म हुआ था बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग उनके अनुयायी रहे हैं तरुण सागर की प्रवचन श्रंखला कड़वे प्रवचन बहुत लोकप्रिय रही हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके निधन पर श्रद्वांजलि अर्पित की है

उन्होंने कल यहाँ मंत्रालय में सफाई कर्मचारियों के लिये प्रदेश में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की आयोग के अध्यक्ष श्री ज़ाला ने स्वच्छता सर्वेक्षण में इन्दौर और भोपाल को प्रथम तथा द्वितीय स्थान मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सफाई कर्मचारियों के योगदान से ही संभव हुई है प्रदेश के दोनों शहर सुन्दर हैं और साफ सफाई तथा स्वच्छता से इनका आकर्षण भी बढ़ा है मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने बैठक में कहा कि सफाई कर्मचारियों के कार्य को सुरक्षित और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिये राज्य सरकार प्रयासरत है आयोग के अध्यक्ष को जानकारी दी गई कि नगरीय क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ सफाई व्यवस्था को मशीनीकृत किया गया है इस प्रक्रिया में सफाई कर्मचारियों को ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी सफाई कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं एशियाई खेल एशियाई खेलों का कल चौहदवां दिन भारत के लिए स्वर्णिम सफलता वाला दिन साबित हुआ

एशियाई खेलों के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है

इसके बाद ब्रिज में शिबनाथ सरकार और प्रणब बर्धन की जोड़ी ने मेन्स पेयर में स्वर्ण पदक जीता स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को रजत पदक मिला भारतीय पुरूष हॉकी ने पाकिस्तान को दो एक से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है

वहीं जबलपुर भोपाल होशंगाबाद शहडोल रीवा सागर ग्वालियर और चम्बल में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है राजधानी भोपाल में दो दिन से हल्की बारिश हो रही है इस मौसम में अबतक सात सौ बत्तीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है जो कि सामान्य से दस फीसदी कम है टीकमगढ़ जिले के ओरछा में दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है

प्रदेश के बाइस में छह जलाशय लगभग पूरा भरने वाले हैं

गुना जिले में केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय थावरचंद गेहलोत आकस्मिक रूप से वृद्ध महिलाओं एवं पुरूषों के लिए संचालित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया दतिया मेडिकल कॉलेज में कल से चिकित्सा शिक्षा का पहला सत्र शुरू हुआ